आध्यात्मिक संत भय्यू जी महाराज का आज इन्दौर में अंतिम संस्कार किया जायेगा श्रमिक हितलाम पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को हितलाभ वितरित किये जाने के लिये आज प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन लाल परैड मैदान में होगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा जिले के टिमरनी में दोपहर साढ़े बारह बजे जनपद स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे श्री चौहान असंगठित श्रमिकों को लाभ पत्र वितरित करेंगे इसी समय प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यक्रमों के आयोजन किये जायेंगे

इसके अलावा पट्टा वितरण तेंद्रपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका कुप्पी और साड़ी वितरण किया जायेगा वहीं जिला स्तर पर अन्य योजनाओं में भी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के सभी विकासखंडों में कार्यक्रम आयोजित कर हितग्राहियों को सहायता राशि के चेक वितरित किये जायेंगे

स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टर्स जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को अभियान के सफल क्रियान्वयन के संबंध में विस्तुत निर्देश जारी किये हैं

साथ ही सामुदायिक सहयोग से शाला से बाहर तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिये रणनीति तैयार की जाये

इन सभाओं में बच्चों की नियमित उपस्थिति दक्षता उन्नयन और पाठ्य पुस्तकों के वितरण पर अनिवार्य रूप से चर्चा की जाये

विद्यार्थियों से यह घोषणा पत्र भी लिया जाये कि एक माह के भीतर संबंधित प्रमाण पत्र आदि महाविद्यालय में आवश्यक रूप से सप्रस्तुत कर देंगे

अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल जबलपुर में प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की महत्तवपूर्ण बैठक में पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनींति भी तय की गई इसके साथ साथ केन्द्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाये इस पर भी चिंतन हुआ बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर थावरचंद गेहलोत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुये श्री शाह ने भाजपा के समर्थन के लिए संपर्क अभियान के तहत उच्चतम न्यायालय के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों न्यायमूर्ति पीपी नावलेकर और न्यायमूर्ति धर्माधिकारी से भी मुलाकात की

प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के डिफाल्टर कृषक सदस्यों र्क बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे के लिए प्रदेश में यह योजना लागू की गई है शासन द्वारा जारी आदेश में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ही बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया है रूस्तम सिंह कल नई दिल्ली में विज्ञान भवन में सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है इस सम्मेलन में प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह भी भाग लेंगे आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन में होने वाले सम्मेलन में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड़डा राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और अनुप्रिया पटेल भी उपस्थित रहेंगे सम्मेलन में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ गरीबों जरूरतमंद और कमजोर वर्गों के लोगों को बीमा सुरक्षा कवर दिलाने के लिये एमओयू भी हस्ताक्षरित होंगे

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभियान के तहत पांच वर्ष तक के गंभीर कपोषित बच्चों की पहचान कर उनका उपचार किया जायेगा भय्यूजी महाराज आध्यात्मिक संत भय्यू जी महाराज का आज अंतिम संस्कार किया जायेगा

भय्यू जी महाराज ने अवसाद के कारण कल दोपहर इन्दौर स्थित अपने घर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी गौरतलब है कि भय्यू महाराज ने मॉडलिंग की दुनिया से अपना कॅरियर शुरू किया था उसके बाद आध्यात्म के सफर पर चलना तय किया

उन्हें पिछले दिनों मध्यप्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिये राज्यमंत्री का दर्जा दिया था राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्यात्मिक गुरू दुखद अवसान पर शोक व्यक्त किया है जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने भी भययू जी महाराज के दुखद अवसान पर शोक व्यक्त किया है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित समाज के विभिन्न लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है मौसम मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मॉनसून पूर्व गतिविधियों के चलते अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिण पूर्व हिस्से और होशंगाबाद जबलपुर शहडोल संभागों में अच्छी बारिश होने की संभावना के बीच तापमान में गिरावट हो सकती है

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत खंडवा से कल सुबह पांच बजे विशेष ट्रेन श्रवणबेलगोला के लिए रवाना होगी